श्री मोदी ने आज भी कोविड से उत्पन्न हालात को लेकर समीक्षा बैठकें की प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि का सिलसिला जारी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

सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए राज्यों को केंद्र की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है कोविड की स्थिति की समीक्षा बैठक में श्री मोदी ने कहा कि सभी राज्य मिल कर काम करें तो देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है और स्थिति पर सतर्कतापूर्ण नजर रखते हुए समय समय पर राज्यों को आवश्यक परामर्श दे रहा है श्री मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार के सभी संबंधित विभाग और मंत्रालय स्थिति से निपटने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं और औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन को भी चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक राज्य को ऑक्सीजन टैंकरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि ऑक्सीजन टैंकरों को रास्ते में रोका न जाए श्री मोदी ने राज्यों से कहा कि वे प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठित करें उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की समन्वय समितियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे ही केंद्र से राज्य को ऑक्सीजन का आवंटन होता है वैसे ही राज्य अपने सभी अस्पतालों को बिना किसी देरी के ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएं भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस मालगाड़ी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमानों से भी ऑक्सीजन देश के विभिन्न भागों में पहुंचा कर परिवहन में लगने वाले समय को कम किया जा सकता है प्रधानमंत्री ने राज्यों से ऑक्सीजन तथा दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कोविड मामलों की जांच बढ़ाने और टीकाकरण अभियान तेज करने की आवश्यकता जताई बाद में प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति की समीक्षा के लिए देश के प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादकों के साथ भी बैठक की स्वास्थ्य मंत्रालय ने वयस्क कोविड मरीजों के उपचार के लिए संशोधित क्नीनिकल दिशा निर्देश जारी किए हैं एम्स आईसीएमआर कोविड उन्नीस राष्ट्रीय कार्य बल और मंत्रालय के अंतर्गत संयुक्त निगरानी समूह डीजीएचएस ने ये निर्देश जारी किए हैं इसमें कहा गया है कि संक्रमण के लक्षण मिलने के दस दिन के भीतर आपात स्थिति में रेमडेसिविर केवल उन मरीजों को दिया जा सकता है जिन्हें मध्यम से गंभीर लक्षण हों और जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो गुर्दे या लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को रेमडेसिविर नहीं दी जा सकती है जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है या जो घर में हैं उन्हें रेमडेसिविर लेने की आवश्यकता नहीं है नई दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोविड संक्रमण वाले केवल कुछ प्रतिशत लोगों को ही रेमेडिसविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि रेमेडिसविर कोविड उपचार के लिए कोई चमत्कार करने वाली दवा नहीं है एम्स निदेशक ने कहा कि पचासी प्रतिशत से अधिक लोग बिना किसी विशिष्ट उपचार के ठीक हो सकते हैं डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अधिकतर लोगों में गले में खराश और जुकाम जैसे लक्षण होते हैं और यह लक्षण पांच से सात दिनों में उपचार से ठीक हो सकते हैं प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि का सिलसिला जारी आज बारह हजार छह सौ बहत्तर नये मामलों की पुष्टि हुई पटना से सबसे अधिक दो हजार आठ सौ एक नये मामले मिले हैं वहीं गया से आठ सौ सोलह औरंगाबाद से सात सौ अड़तालीस मुजफ्फरपुर से सात सौ चार सारण से छह सौ सत्रह और बेगूसराय से छह सौ सात नये मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर छिहत्तर हजार चार सौ उन्नीस हो गयी है नये मामलों के मिलने के साथ ही स्वस्थ होने की दर में लगातार गिरावट हो रही है वर्तमान में स्वस्थ होने की दर उनासी दशमलव दो आठ प्रतिशत है वहीं पिछले चौबीस घंटों में चौवन लोगों की मौत के साथ मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर दो हजार दस हो गया है भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रविशंकर चौधरी का आज निधन हो गया वे स्वास्थ्य विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे पिछले दिनों कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा था कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक सौ से पांच सौ बिस्तरों वाला कोविड देखभाल केन्द्र स्थापित करने का फैसला किया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि इन केन्द्रों में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए हर जिले में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक लगाया जायेगा प्रधान सचिव ने बताया कि केन्द्र सरकार से बिहार को प्रतिदिन तीन सौ मिट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित करने की मांग की गयी है दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोगों को अब चार दिनों के लिए अनिवार्य रूप से क्वारेंटीन रहना होगा आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि इसके लिए सरकार ने सभी अनुमंडलों में सुविधाओं से युक्त क्वारेंटीन सेंटर बनाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि सभी लोगों की कोविड जांच होगी और जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें इन्हीं केन्द्रों में रहना होगा उन्होंने बताया कि जो लोग निगेटिव पाये जायेंगे उन्हें भी कुछ दिनों तक होम आईसोलेशन में रहना होगा श्री अमृत ने बताया कि इन केन्द्रों पर चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होगी और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे औरंगाबाद जिले में कल से आवश्यक वस्तुओं के दुकानों को छोड़कर ऑड इवेन के आधार पर अन्य दुकानें खोली जायेगी अररिया में लगने वाली फल और सब्जी की दुकानें कल से अररिया उच्च विद्यालय प्रांगण में लगेंगी शेखपुरा जिले की सभी अदालतें एक मई तक के लिए बंद कर दी गयी है प्रभारी जिला न्यायाधीश ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में केवल रिमांड जैसे महत्वपूर्ण काम ही निपटाये जायेंगे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया है

वैक्सीनेशन साथ साथ चल रहा है हमको कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर यानी मास्क साबुन से हाथ धोना है और दो गज की दूरी और जो बड़े बड़े भीड़ वाले इवेंट्स हैं इनको अवॉयड करना है मजबूरी में जाना भी पड़ता है तो भी जो है प्रिकोशन्स को नहीं छोड़ना है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बिना पंजीकरण के टीका नहीं दिया जायेगा गौरतलब है कि देश भर में एक मई से अठारह वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण किया जायेगा सभी पात्र लोग कोविन पोर्टल कोविन डॉट जीओवी डॉट इन या आरोग्य सेतु एप पर पंजीकरण करा सकते हैं इधर राज्य सरकार ने कहा है कि एक मई से शुरू हो रहे टीकाकरण के तीसरे चरण को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि दो हजार ग्यारह की जनगणना के आधार पर बिहार में अठारह से चौवालीस वर्ष के लगभग पांच करोड़ संतावन लाख व्यक्तियों को टीका देने का आकलन किया गया है उन्होंने बताया कि टीका केंद्र की संख्या बढ़ाने के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं का आकलन किया जा रहा है श्री अमृत ने कहा कि जल्द ही टीका निर्माता कंपनियों को आपूर्ति आदेश दिया जायेगा केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि नींबू और मीठा सोडा खाने तथा कच्चे प्याज के साथ सेंधा नमक के सेवन से कोविड के मरीज ठीक हो सकते हैं सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है और ऐसे संदेशों पर विश्वास नहीं करना चाहिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत अगले दो महीने तक गरीबों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराएगी इस योजना के तहत मई और जून में प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति को पांच पांच किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हित किए गए लगभग अस्सी करोड़ लाभार्थियों के लिए निःशुल्क अनाज वितरण का निर्णय किया है सरकार ने कोविड उन्नीस महामारी के दौरान बीते वर्ष भी लोगों के लिए अनाज का वितरण किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और ऐसे में सरकार देश के गरीबों के पोषण के लिए प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए छब्बीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च करेगी श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि बिहार लौटे प्रवासी कामगारों को सरकार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि श्रम विभाग की वेबसाइट बी ओ सी डब्ल्यू डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन पर निबंधन कराकर श्रमिक सरकार की योजनाओं और रोजगार संबंधी लाभ ले सकते हैं उन्होंने बताया कि इसके लिए टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच छह एक तीन आठ पर भी संपर्क किया जा सकता है पटना जिले के अकीलप्र थाना क्षेत्र में एक पिक अप वैन के गंगा नदी में पलट जाने से नौ लोगों की मौत हो गयी पुलिस ने बताया कि दानापुर पीपा पुल पर वैन अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया जिसमें नौ लोगों की मौत हो गयी ड्राईवर और एक अन्य व्यक्ति तैरकर बाहर निकल गये सभी मृतक एक ही परिवार के बताये जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए सभी मृतकों के आश्रित को चार चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान देने का आदेश दिया है इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने इस हादसे की जांच के लिए तीन सदस्यों की टीम कमिटी का गठन किया है जो चौबीस घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी बिहार भाजपा के दो नेताओं को पार्टी में अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया है मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है जबकि प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गयी है कटिहार नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत विनोदपुर स्थित पावर हाउस में आज आग लग गयी हमारे संवाददाता ने बताया कि पूरा पावर हाउस जलकर नष्ट हो गया आठ ट्रांसफॉर्मर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये अग्निशमन दस्ते की कई गाड़ियों की मदद से आग पा काबू पाया गया जिलाधिकारी ने बताया कि शॉट सर्किट के कारण यह दुर्घटना हुई बेगूसराय जिले के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के राहुलनगर बहियार में पानी भरे गड्ढ़े में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गयी गोपालगंज जिले के मथौली गांव में गैस सिलेंडर में हुए विस्फोट के कारण तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गये जिनमें दो को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर भेजा गया है

श्री मोदी ने आज भी कोविड से उत्पन्न हालात को लेकर समीक्षा बैठकें की प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि का सिलसिला जारी